उज्जैन देवास और रतलाम में भी कल नए मामले सामने आए हैं इंदौर से हमारे संवाददाता ने सीएमएचओ डॉ प्रवीण जरिया के हवाले से बताया है कि भले ही जिले में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही हो लेकिन फिलहाल यहां सामूदायिक संक्रमण का खतरा नहीं है

आगरमालवा में कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज मिला है

पन्ना में आवश्यक वस्त्ओं की द्कानें ख्लने का दिन एवं समय निर्धारित किया गया है यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं शिवपुरी में कलेक्टर ने बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के निर्देष दिए हैं शिवराज मदद म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में रुके प्रदेश के मजद्रों को उनके रूकने एवं भोजन व्यवस्था के लिए उनके खातों में एक एक हजार रूपये जमा कराये जायेंगे

दूसरे राज्यों के मध्यप्रदेश में फंसे प्रत्येक श्रमिक को एक एक हजार रूपए की राशि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिजवाई गई है

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों से कृषि कार्यों और कृषि उत्पादों की आवाजाही सहजता से करने देने की अपील की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कल उप राष्ट्रपति भवन में चर्चा के दौरान श्री नायड्र ने कृषि क्षेत्र के संरक्षण के लिए कृषि मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना जरूरी है श्री नायडू ने कहा कि फल और सब्जी जैसे जल्द नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के भंडारण और बिक्री पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है

इनमें हॉट स्पॉट रहित क्षेत्रों में बीस अप्रैल से अधिसूचित सेवाओं में क्छ ढील दी गई है लॉकडाउन का कड़ाई से पालन स्निश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

जिला कलेक्टर ने भी उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण किया

उज्जैन कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि इस यात्रा के लिये कोई भी व्यक्ति उज्जैन शहर में न आये

इस दौरान लोगों ने प्ष्प वर्षा और ताली बजाकर प्लिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया गया